मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कुछ शिकायते मिली लेकिन उन्हें जल्द ही दूर कर लिया गया इस उपचुनाव में कुल एक सौ नौ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा वर्ष दो हजार सत्रह के विधानसभा चुनाव में इन ग्यारह सीटों में से आठ पर भाजपा तथा एक एक पर सपा बसपा और भाजपा के सहयोगी अपना दल के विधायक जीते थे घोसी को छोड़कर जिन विधानसभा सीटों पर उपचनाव हो रहा है वे सीटें उन पर चने गए विधायकों के पिछले लोकसभा चनाव में विजय हासिल करने के बाद विघानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने की वजह से रिक्त हुई हैं घोसी सीट इस पर चुने गए विघायक फागू सिंह चौहान को बिहार का राज्यपाल बनाए जाने के बाद उनके इस्तीफे के कारण खाली हुई है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश प्रगति की राह पर अग्रसर है और पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभा रहे हैं

इस अवसर पर अमित शाह ने कहा देश को मुक्त करा कर शांति की दिशा में आगे ले जाना कई प्रकार की गैर कानूनी प्रवृत्तियों को रोक लगाना प्रवोत्तर के अंदर शांति प्रस्तावित करना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर विकास को पहंचाने के लिए अपनी कटिबद्धता व्यक्त कर कर प्राणों के बलिदान देना जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़कर जम्म् कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना अब तक चौंतीस हजार आठ सौ चवालीस पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए अपनी शहादत दी है गृहमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिसकर्मियों के कार्य स्थल को बेहतर बनाने उनके स्वास्थ्य और परिवार से संबंधित सभी कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित बनाने के लिए समयबद्ध कदम उठायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस बल और उनके परिवारों का अभिवादन किया और शहीद पुलिसकर्मियों को भावमीनी श्रद्धांजलि अर्पित की श्री मोदी ने दवीट कर कहा कि पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी से दायित्व का निर्वाह करते हैं और उनका साहस लोगों को प्रेरित करता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूलिस की हौसला अफजाई और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से सरकार को संगठित अपराध पर प्रमावी अंकृश पाने में सफलता मिली है मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन्स में पुलिस स्मृति दिवस परेड के अवसर पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्वाजंलि अर्पित करते हुए कहा कि जनमानस में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अपराधियों में कानून का भय व्याप्त करना सरकार की प्रमुख नीति है श्री योगी ने कहा कि अब तक प्रदेश में छियानबे अपराधी पुलिस कार्रवाई में मारे गये हैं जबकि सोलह सौ इकतीस घायल हुए हैं कूल दस हजार दो सौ बावन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कोई ऐसा संगठित अपराधी नहीं है जो जेल के बाहर खूले में घूम रहा हो ऐसे अपराधियों को या तो जेल भेज दिया गया है या वे पुलिस कार्रवाई में मारे गए मुख्यमंत्री ने प्रदेश पुलिस की सराहना करते हए कहा कि प्रदेश में सभी प्रमुख पर्व त्योहार मेले और अन्य धार्मिक आयोजन ाांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिये एण्टी रोभियो स्क्वॉड का जिक करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में महिलाओं विशेषकर छात्राओं में आत्मविश्वास एवं सुरक्षा की भावना सुदृढ हुई है मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा हर सम्मव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है संसद का शीतकालीन सत्र अट्ठारह नवम्बर से शुरू होगा और तेरह दिसम्बर तक चलेगा हमारे संवाददाता ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को इसकी सूचना दे दी है